कोविड महामारी के खिलाफ़ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

टीकाकरण का यह कार्यक्रम जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता देने के आधार पर चलाया जायेगा

प्रदेश में कोविड टीकारण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं पहले चरण में यहां तीन सौ ग्यारह केन्द्रों पर वैक्सीन लगाने की कार्रवाई की जायेगी

वैक्सीन के राज्य में भण्डारण के लिए नौ केन्द्र बनाये गये हैं जहां से सीएचसी और पीएचसी केन्द्रों पर टीके की आपूर्ति की व्यवस्था को गई है पूरा टीकाकरण का कार्य भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनसार किया जायेगा

आकाशवाणी से बात करते हुए जी बी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि कोविड की दूसरी खूराक लेने के दो सप्ताह बाद ही सुरक्षात्मक एंटीबॉडीज विकसित होते हैं

कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कौशल विकास केंद्रों के विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बातचीत की

पिछले दो चरणों के अनुभवों के आधार पर अब तीसरे चरण की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया में कौशलों का मुख्य केंद्र बनाना है भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद के द्विवार्षिक चूनाव के लिए आज अपने चार उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है वे हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उप मूख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा लक्षमण प्रसाद आचार्य और अरविन्द कुमार शर्मा श्री शर्मा विगत दिवस ही भाजपा में शामिल हुए हैं उन्हाने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद से हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है नामांकन के पांचवे दिन आज समाजवादी पार्टी के अहमद हसन और राजेन्द्र चौधरी ने अपने पर्चे दाखिल किए अब तक कुल दो नामांकन दाखिल किए गए हैं नामांकन की आखिरी तारीख अट्ठारह जनवरी है उन्नीस जनवरी को पर्चो की जांच होगी इक्कीस जनवरी तक नामांकन वापस लिए जा सकते है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दोनों सदनों की संयूक्त बैठक के सम्बोधन के साथ बजट सत्र की शुरूआत होगी

मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करने संबंधी स्थायी समितियों द्वारा उनकी रिर्पोटों की तैयारी के मद्देनजर संसद की कार्यवाही पन्द्रह फरवरी को स्थगित हो जायेगी बजट सत्र का दूसरा भाग आठ मार्च को शुरू होगा सरकारी प्रयोजन की आवश्यकतानुसार सत्र के आठ अप्रैल को सम्पन्न होने की संभावना है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

दिल्ली कैंट के करियप्पा मैदान में आज सेना दिवस का आयोजन किया गया इससे पहले सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने करियप्पा मैदान में शानदार परेड का निरीक्षण किया सेना ने इस अवसर पर विभिन्न किस्म के टैंक और मिसाइल प्रणालियों का भी प्रदर्शन किया भारतीय सेना ने पहली बार परेड में लड़ाकू स्वार्म ड्रोन प्रदर्शित किया

इस समय प्रदेश में कोरोना के सकिय मामलों की संख्या नौ हजार पांच सौ पच्चासी है राज्य में अब तक कूल दो करोड़ उन्सठ लाख तिरसठ हजार से अधिक कोरोना के नमूनों की जांच की गई है

भारत कोविड महामारी से निपटने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है

देश में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या सक्रिय मामलों से लगातार ज्यादा होती जा रही है

प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर शीतलहर जारी है कई स्थानों पर तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया और अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्शियस से सात डिग्री के बीच दर्ज किया गया

गलन भरी सर्दी और काहरे ने लोगों की सामान्य दिनचर्या को बुरी तरह से प्रभावित किया है कोहरे के चलते कम दृश्यता के कारण सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो गयी है मौसम विभाग ने आने वाले तीन दिनों के दौरान सहारनपुर मुजफ्फरनगर अलीगढ़ मेरठ बरेली आगरा शामली बिजनौर रामपर हमीरपुर हरदोई सोनभद सुल्तानपुर गोरखपुर नोएडा कानपुर नगर अयोध्या रायबरेली बाराबंकी वाराणसी तथा आस पास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर की संभावना जताई है मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी तराई मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा पड़ने की संभावना है

इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल समेत जिला प्रशासन के अधिकारीगण भी उपस्थित रहे बाद में लोगों को संबोधित करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि हमारी केन्द्र और प्रदेश की भाजपा सरकार दिव्यांजनों के कल्याण के लिये कृत संकल्पित है श्री पाल ने कहा कि सहायक उपकरणों के माध्यम से दिव्यांगजन अपने कार्यो का निष्पादन आम लोगों से भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं

भारतीय अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह में इरफान खान सुशांत सिंह राजपूत ऋषिकपूर और हॉलीवुड सितारे चौडविक बोसमैन और सौमित्र चाटर्जी की फिल्में प्रदर्शित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी